ये प्ल लद्दाख अरूणाचल प्रदेश सिक्किम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब और जम्मू कश्मीर में हैं आठ प्ल लद्दाख में हैं जो इस क्षेत्र के पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा और पश्चिम में नियंत्रण रेखा के निकट सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चार सडकों पर बनाये गए हैं इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अत्यधिक कम समय में निर्मित ये प्ल न केवल सामरिक रूप से बल्कि लद्दाख क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं देश की स्रक्षा के लिए ब्नियादी विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सैन्यबलों को काफी सहायता मिलेगी

इसमें से अंजाव जिले में स्थित यासों और सारती शी योमी जिले में कारतेसो कोंग और कांगडोंगशिला वेस्ट सियांग जिले में तानचेन पांगा अपर स्बनसिरी जिले में उंग् सियांग जिली में सियांग और अपर सियांग जिले में सिगिट ब्रिज शामिल है इस अवसर पर राज्य सचिवालय में वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सीमांत राज्यों में बुनियादी स्विधाओं की विकास को बल मिला है उन्होंने कहा कि इन आठ प्लों से यातायात श्रु होने से राज्य के द्र दराज के सीमावर्ती इलाकों में सड़क संपर्क मजबूत होगा और सैनिकों की आवाजाही में स्विधा होगी म्ख्यमंत्री ने कहा कि चार सौ मीटर लंबे और तीन दशमलव पांच मीटर चौड़े नेजिफ् टनल के बन जाने के बाद बालिपारा चारदवार तवांग मार्ग से यातायात आसान होगा इस अवसर पर लोकसभा सांसद तापिर गाव विधायक ओजिंग तासिंग और बी आर ओ के अरुणांक परीयोजना के म्ख्य अभियंता ए एसचोनकोर भी मौजूद थे

आठ चेक इन काउंटरों वाले इस टर्मिनल भवन में अत्याध्निक स्विधाओं के अलावा ऊर्जा बचत और वर्षा जल संग्रह के अलावा हरित पट्टी भी उपलब्ध होगी

राज्य में कोविड के एक सौ अड़तालीस नए मामले सामने आए और एक सौ अद्वावन व्यक्ति स्वस्थ हए

रविवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से चौहत्तर मामले है जिसमें से सेंट्रल जेल जूली से उनतालीस मामले शामिल है इसके अलावा लेपारादा और नामसाई से दस दस वेस्ट सियांग से नौ ईस्ट सियांग और लोअर स्बनसिरी जिले से सात सात तिरप और वेस्ट कामेंग जिले से छह छह चांगलांग जिले से पांच लोअर दिबांग वैली क्रुंगक्मे और अपर सियांग जिले से तीन तीन पापुमपारे और लोगडिंग जिले से दो दो और ईस्ट कामेंग जिले से कोरोना का एक मामला सामने आया है राज्य स्वास्थ सेवा विभाग के निदेशक डॉएम लेगो ने प्रदेश वासियों से सही तरीके से मास्क लगाने की अपील की है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हए एक वैक्सीन या एक वैक्सीन निर्माता प्रे देश की ज़रूरतों को पुरा करने में सक्षम नहीं होगा

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में सभी कोविड वैक्सीन परीक्षण के पहले दूसरे या तीसरे चरण में हैं और परिणामों की प्रतीक्षा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से त्योहारों के दौरान आवश्यक ऐहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया